इस दौरान वह संचिवालय में राज्य जनजातीय विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे इसके अलावा उनका मुख्मयंत्री और राज्यपाल से भी मिलने का कार्यक्रम है केंद्रीय राज्य मंत्री अनुसूचित जनजातीय मोर्चा के पदाधिकारियों और जनजातीय इलाकों में उल्लेखनीय कार्य कर रहे स्वयं सहायता समूहों के पदाधिकारियों के साथ भी वार्ता करेंगे लोकार्पण राजधानी शिमला में मॉल रोड तक पहुंचने वाली पर्यटन विकास निगम की नई लिफ्ट बनकर तैयार हो गई मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज इस लिफ्ट का लोकार्पण करेंगे

इसके शुरू होने से पर्यटकों व शहर के लोगों को काफी सुविधा मिलेगा इसके साथ ही पिछले कुछ दिनों से बंद प्ररानी लिफ्ट को भी लोगों की सुविधा के लिए शुरू किया जाएगा इसी तरह मुख्यमंत्री दूटीकंडी बाईपास पर निर्भित शहर की सबसे बड़ी पार्किंग का लोकार्पण करेंगे

इसके अलावा मुख्यमंत्री मॉल रोड पर स्थित ऐतिहासिक टाउन हॉल का भी लोकार्पण करेंगे सुभाष ठाकुर बिलासपुर सदर से भाजपा विधायक सुभाष ठाकुर ने विद्यार्थियों का आहवान किया है कि प्रतिस्पर्धा के इस युग में आगे बढ़ने के लिए वे लक्ष्य निर्धारित करें और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत भी करें सुभाष ठाकुर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ग्वाल मुठाणी के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने शिक्षकों का आहवान किया कि वे विद्यार्थियों के अंदर छिपी प्रतिमा को पहचाने और उन्हें उसी प्रतिमा के अनुरूप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें

एसोसिएशन के प्रधान एचआर वशिष्ठ ने कल कांगड़ा के शाहपुर में जिला पैंशनर एसोसिएशन के अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि पैंशनर दिवस की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे इस मौके पर पैंशनरों की मांगों पर विस्तृत चर्चा होगी एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने मंडी में भाजपा के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है आतंक के खात्मे को पाक ईमानदार बने तो भाजपा वार्ता को तैयार पंजाब केसरी लिखता है ईमानदार नेतृत्व के बगैर पाकिस्तान में आतंकवाद का खात्मा संभव नहीं दैनिक जागरण का शीर्षक है पाक को सफेद झंडे नहीं दिखाएंगे हिमाचल दस्तक व अजीत समाचार के एक जैसे शब्द हैं पाकिस्तान की जमीन पर पनप रहा है आतंकवाद दैनिक सवेरा टाइम्स का कहना है पाक ईमानदारी से सोचे तो आतंकवाद खात्मे में सहयोग करेगा भारत दैनिक मास्कर ने शीर्षक दिया है सांसद रामस्वरूप शर्मा न मंडी के विकास के लिए बेहतर काम किया है आपका फैसला ने लिखा है भाजपा की राजनीति इंसाफ इनसानियत व ईमानदारी की दिव्य हिमाचल के मुताबिक देवभूमि से गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने देश को दिया तोहफा अग्निकांड एंबुलेंस पुलिस सहायता आदि को लिए अलग अलग नंबर याद रखने का झंझट खत्म कसौली में अनाधिकृत निर्माणों को नियमित करने के एनजीटी के आदेश पर लगी रोक शीर्षक से खबर को अमर उजाला ने प्रमुखता दी है जबकि दैनिक भास्कर लिखता है अवैध निर्माण एन्वायर्नमेंट टैक्स देने पर भी नहीं होंगे रेगुलर दैनिक जागरण के अनुसार कसौली में नियमित नहीं होंगे अवैध ढांचे पंजाब केसरी ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से सुर्खी दी है अवैध निर्माण को नियमित न करे हिमाचल सरकार हिमाचल में एनएच निर्माण के लिए क्या कर रही केंद्र सरकार शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने देश की सरकार से मांगा जवाब अमर उजाला की एक खबर है नवजातों को सूट बूट मलमल का कपड़ा और मच्छरदानी देगी सरकार अगले माह से जच्चा बच्चा को मिलेगी मुफत बेबी किट दैनिक सवेरा टाइम्स ने खबर दी है सूबे में ट्रामा सेंटर खोलने की डीपीआर को केंद्र ने मंजूर किया एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय मानसिकता बदलनी होगी में सरकारी योजनाओं को घरातल पर उतारने में कोताही बरतने वाले अधिकारियों के साथ सरकार को सख्ती से पेश आना चाहिए दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय हिमाचली दिल व जमीन का प्रताप में लिखा है कि हिमाचल के सांस्कृतिक समारोह का अस्सी फीसदी बजट लोककलाकारों को मिले तो प्रताप चंद शर्मा सरीखी साधना आगे भी लोकगायन परंपराओं को सिंचित करती रहेगी